सभी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह तैयार राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद की सीमा बढ़ाई

पिछले चालीस दिनों से राज्य में संक्रमण के एक हजार से कम मरीज मिल रहे हैं और मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक कुहासे से राहत नहीं

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडी व्यवस्था से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें उन्होंने कहा कि किसानों को क़षि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है

श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी ओर से सुझावों की प्रतीक्षा की लेकिन वे कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि केन्द्र को कृषि पदार्थों के व्यापार के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है और इन कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समितियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असर नहीं पडता है श्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब और कर्नाटक में ठेके पर खेती लम्बे समय से होती रही है और वहां ऐसा कभी नहीं हुआ राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है अब रैयत किसानों से अधिकतम दो सौ पचास क्विंटल तक धान की खरीद की जायेगी पहले यह सीमा दो सौ क्विंटल थी वहीं गैर रैयत किसानों से धान खरीद की अधिकतम सीमा को पचहत्तर क्विंटल से बढ़ाकर एक सौ क्विंटल कर दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप हैं और उन पर प्राथमिकी दर्ज हुयी है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिये और दोषी को सजा मिलनी चाहिये केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकार को अधिक से अधिक संख्या इथनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना करने का सुझाव दिया है कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि राज्य में जितना भी इथनॉल उत्पादन होगा वह केन्द्र सरकार खरीदने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि इथनॉल उद्योग की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार अनुदान भी देगी बिहार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है पिछले चालीस दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण के एक हजार से कम मरीज मिल रहे हैं तीस अक्टूबर को एक हजार से अधिक संक्रमित मिले थे इधर राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या दो लाख चौंतीस हजार नौ सौ चालीस है एक दिन में कोरोना के चार मरीजों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ सात हो गया है वहीं इसी अवधि में पांच सौ पंचानवे नये मरीजों की भी पुष्टि हुई जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख इकतालीस हजार पांच सौ चौंतीस हो गयी है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार दो सौ छियासी है प्रदेश में अब तक एक करोड़ संतावन लाख बयासी हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख नाक गला रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने दो गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति कोरोना संक्रमण से खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा

छिर यी बीमारी जो है हो के निकल मी जाती है पर ये लापरवाही की बात नही है

पर ये भी होता है कि कहीं न कहीं अगर आप में अमी ए सिम्टोवैटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को न दें

इसलिए हमेरा मास्क लगाना बस जरूपी है अपने प्रोटैक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटैक्शन के लिए

प्रदेश में कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है

यही से वैक्सीन की खुराक सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजी जायेगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर के डॉक्टर बारह घंटें की हड़ताल पर हैं आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दिये जाने के सरकार के फैसले के विरोध में ये हड़ताल आयोजित की गयी है

हड़ताल से इमरजेंसी सेवा और कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था को अलग रखा गया है प्रदेशवासियों को अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि पन्द्रह और सोलह दिसम्बर को राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश होगी जिसके बाद कुहासे का असर कम होगा

इधर घने कुहासे के कारण दृश्यता में कमी आने से रेल सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है कल भी पटना हवाई अड्डे से कई विमान अपने निर्धारित समय से देर से उड़े वहीं कई रेलगाड़ियां भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा अब पच्चीस दिसम्बर को होगी आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है पहले यह तिथि तेरह दिसम्बर को प्रस्तावित थी चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी उन्होंने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा काट लेने का हवाले देते हुए जमानत याचिका दायर की है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में प्लास्टिक के तेजी से बढ़ रहे इस्तेमाल पर चिंता जाहिर करते हुए प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से भी यह पूछा है कि पाबंदी के बावजूद राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है पीठ ने प्लास्टिक कचरा से हो रही पर्यावरण समस्याओं की रोकथाम पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा राज्य सरकार और बोर्ड से उपलब्ध कराने को कहा है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस वीडियो को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि विधवा महिला समृद्धि योजना के तहत सरकार सभी विधवा महिलाओं के बैंक खाते में पांच लाख रूपये नकद जमा कर रही है और उन्हें मुफ्त में सिलाई मशीन दे रही है पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार ऐसी किसी योजना को नहीं चला रही है और यह खबर पूरी तरह गलत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस के लिए द्रस्थ शिक्षा पद्धति से बिहार से केवल पटना विश्वविद्यालय को नामांकन लेने की अनुमति दी है नालंदा खुला विश्वविद्यालय को पहले ही पांच साल के लिए अनुमति मिली हुई है

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की सही तरीके से जांच नहीं करने तथा तकनीकी मामलों में खामियों के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण दुकान से सात करोड़ रूपये के जेवरात की हुई लूट के मामले में एसआईटी ने आठ संदिग्धों को हिरासत में लिया है एसएसपी बाबू राम ने बताया कि सभी से पूछताछ की जा रही है बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा करने के आरोप में तेरह अभ्यर्थियों को कल गिरफ्तार किया गया एसटीएफ की टीम ने कुख्यात नक्सली देवेन्द्र सहनी को शिवहर के तरियानी से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालगंज जिले के विश्म्भरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिवन रायमल गांव में एक गांजा तस्कर के घर में छापेमारी कर नौ लाख रूपये जब्त किये नालंदा जिले के दीप नगर थाना क्षेत्र के देवी सराय मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी सीतामढ़ी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब के साथ आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोइलवर पुल के तीन लेन के अप स्ट्रीम का किया लोकार्पण छह महीने में दूसरा लेन के चालू होने की उम्मीद दैनिक जागरण लिखता है केन्द्र सरकार ने फिर किसानों को दिया वार्ता का प्रस्ताव दैनिक भास्कर ने लिखा है पचास हजार के जिस ईनामी रवि गोप को एसटीएफ ने तीन माह की मशक्कत के बाद पकड़ा प्रलिस ने महज पचास घंटे में छोड़ा भागने दिया नेपाल प्रभात खबर ने लिखा है दो साल में तैयार होगा नया संसद भवन दिखेगा इक्कीसवीं सदी का भारत

सभी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह तैयार राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद की सीमा बढ़ाई

पिछले चालीस दिनों से राज्य में संक्रमण के एक हजार से कम मरीज मिल रहे हैं और मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक कुहासे से राहत नहीं